कोरोना समीक्षा म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना से हई एक एक मृत्यू का डिटेल्ड एनालिसिस कर नियमित रूप से रिपोर्ट देने के निर्देश दिए कल मंत्रालय में प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान श्री चौहान ने कहा कि हमें कोरोना मरीजों को सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध करवाकर कोरोना मृत्य् दर को कम करना है इलाज में थोड़ी भी लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कोरोना कार्य में लापरवाही पाए जाने पर दो अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए

कोरोना ने कटनी में भी दस्तक दे दी है

उन्होंने बताया कि इन दोनों पॉजिटिव मरीज को खण्डवा के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जा रहा है

मुख्यमंत्री ने वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से दमोह जिले की भी संबंधी समीक्षा करते हए भर्ती मरीजों की स्थिति और हाल जाना कलेक्टर तरूण राठी ने उन्हें बताया एक मरीज को स्वस्थ्य होने के उपरांत छ्ट्टी दे दी गई है शेष का उपचार जारी है उधर मंडला कलेक्टर डॉ जगदीश चन्द्र जटिया ने सभी अन्विभागीय अधिकारियों को बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों या व्यक्तियों की संपूर्ण जानकारी रखने के निर्देश दिए हैं कलेक्टर ने कहा कि कोरोना की जांच में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें

बैतूल में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अभिनव प्रयोग किया जा रहा है जहां कंटेन्मेंट क्षेत्रों में कोरोना वायरस निगरानी समितियां गठित की गई हैं

कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान हई पति की मौत के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ अंजू सुनंदा डेहरिया ने अपने पति का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया कोरोना संदिग्ध पति की प्रोटोकॉल के तहत बाकायदा पीपीई किट पहनकर शमशान घाट में स्नंदा ने पति का अंतिम संस्कार किया

मौसम विभाग ने आज रीवा शहडोल ग्वालियर चंबल संभागों और टीकमग छतरपुर सागर नरसिंहपुर जबलपुर होशंगाबाद सहित दर्जन भर जिलों में आज लू चलने की आशंका जताई है

निगम आयक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इस अभियान के तहत सड़क के दोनों किनारे पैदल मार्ग कचरा पेटी के आसपास और कॉलोनियों की मुख्य सड़कों पर सफाई की जाएगी